प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदो ने कहा है कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्ट अप स्टैंड अप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं

साथियों मैं आपको भारत का ब्रैंड एम्बेस्डर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ और भारत की क्षमताओं देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं इसलिए ही आप अभी जिस देश में भी रह रहे हैं वहां के समाज को भी आपने अपनापन दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतवंशियों के हित में कई कदम उठाये हैं जिनमें पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में कुछ नई सुविधाएं और ई वीजा की योजना शामिल है बीते साढ़े चार वर्षो के दौरान संकट में फंसे दो लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दूनिया के भिन्न भिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई आपकी सोशल सिक्यूरिटी के साथ साथ पासपोर्ट वीजा पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू करने जा रही है बाइट अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी आपका जुड़ाव और मजबूत हो इसके लिए प्रवासी तीर्थदर्शन योजना की भी शुरूआत की जा रही है आप जिस भी देश में रहते हैं वहां से अपने आसपास के कम से कम पांच परिवार और वह भी नॉन इंडियन भारत आने के लिए प्रेरित करिए आपका यह प्रयास देश में टूरिज्म बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा

इससे पहले सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तेजी से उभरी है उन्हाने प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण किया इस प्रवासी भारतीय दिवस के जन्मदाता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को अपना प्रणाम निवेदन करती हूं मित्रों ये प्रवासी भारतीय दिवस उन्हीं की देन है

सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ ने अपना भाषण हिन्दी में शुरू करते हुए कहा कि यह सम्मेलन दुनियाभर के भारतवंशियों का सबसे महत्वपूर्ण समागम है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल की विश्वभर में सराहना की गई है

उन्होंने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कुंभ की शुरूआत के बाद करन से प्रवासी भारतीयों को भी प्रयागराज में स्नान करने और अक्षयवट के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा उन्होंने इस अवसर पर विकसित होती काशी का भी जिक्र किया

और ब्यौरा हमारे संवाददाता से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अप्रवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर सुख और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है आज ही भारत को जानिए प्रतियोगिता के पुरस्कारों का भी वितरण किया गया समापन समारोह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल संबोधित करेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान का वितरण भी कल होगा इसके बाद प्रतिभागी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करने के बाद आज शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर यह दावा खारिज किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है आयोग ने जोर देकर कहा ह कि वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फुलप्रूफ होने के तथ्य पर कायम है आयोग का यह बयान लंदन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हैकिंग पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के मद्देनजर आया है आयोग ने कहा कि वह दुर्भावना से प्रेरित ऐसे सम्मेलनों में शामिल होने से हमेशा दूर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में किसी तरह की कमी न होने के तथ्यों पर अडिग है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लंदन में इस तरह के संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी के लिए कांग्रेस की आलोचना की है श्री नकवी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि कपिल सिब्बल वहां अकस्मात नहीं पहुंचे थे बल्कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भेजा था ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता बल्कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग को कुछ भारत विरोधी ताकतों ने हैंक कर लिया हैं और वह एक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत विदेशों में जा करके देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश के पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी चुनावी व्यवस्था को बदनाम करने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं इस बीच कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हैकिंग पर लंदन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पार्टी नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी से खूद को अलग कर लिया है पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि श्री सिब्बल को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था लेकिन वे वहां कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए थे

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तथा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश और शीतलहर के कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मेरठ बरेली आगरा बदायूं मुरादाबाद पीलीभीत और बिजनौर सहित कई इलाकों में कल दोपहर बाद से हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है राजधानी लखनऊ में भी आज सुबह से आकाश म बादल छाये रहे और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबादी भी हुई कई जिलों में खराब मौसम के चलते कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये गये हैं कृषि वैज्ञानिकों ने इस बारिश को गेहूँ चना मटर मसूर और गन्ने की फसलों के लिये लाभकारी बताया है उधर प्रशासन ने लोगों को ठंड से राहत देने के लिये जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है और जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े भी वितरित कराये गये हैं